इस बातचीत में छात्र अभिभावक अध्यापक और प्रधानमंत्री मिल बैठकर इस बात पर बातचीत करेंगे कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किस तरह किसी भी तनाव या दबाव से मुक्त रखा जा सकता है आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष रुप से बातचीत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व एशिया और रुस सहित कई देशों के छात्र शामिल हो रहे हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के कई छात्रों से बातचीत की और युवा श्रोताओं के साथ अपने निजी अनुभव साझा किए थे आज बालिका दिवस है इस वर्ष का विषय है सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया है इस अवसर पर प्रभावी सामुदायिक भागीदारी गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को अमल में लाने और बच्चियों की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पांच राज्यों और पच्चीस जिलों को सम्मानित किया गया रेलवे अगले दो साल में दो लाख तीस हजार और कर्मचारियों की नई भर्ती करेगा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 पहले चरण में एक लाख इकतीस हजार तीन सौ अटठाईस पदों को भरने की प्रक्रिया इस साल फरवरी मार्च में शुरु कर दी जाएगी पहले चरण की भर्ती पूरी कर लिये जाने के बाद दूसरे चरण में उन निन्यानवें हजार पदों पर भर्ती की जाएगी जो सेवानिवृत्ति के कारण खाली होंगे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 कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दस प्रतिशत खाली पद आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों से भरे जाएंगे उन्होंने कहा कि रेलवे में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांग जनो के लिये मौजूदा आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा

घटना में सभी स्कूली बच्चे बिना किसी चोट के सुरक्षित बच गए हालांकि तीन लोगों को मामूली चोटे और एक पैदल यात्री को सिर पर गंभीर रुप से चोट लगी है ईटानगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ताबी बागे ने बताया कि बस का ब्रेक फेल उस समय हुआ जब बस स्कूली छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में छोड़ने के लिए जा रहे थे उन्होंने बताया कि घटना में घायल सभी तीनों व्यक्तियों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया जबकि गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को गुवाहाटी के जी एन आर सी में भेज दिया गया है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए सड़क बिजली शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं है उन्होंने लोगों से विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का सही रुप से उपयोग करने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया राज्यपाल ने ये बात गत मंगलवार को वेस्ट सियांग जिले के दारक अंचल का दौरा करते हुए कहा दारक अंचल के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत में राज्यपाल ने विकासात्मक प्रक्रिया में नागरिकों को सक्रिय रुप से शामिल होने पर जोर दिया उन्होंने विकासात्मक कोष के उपयोग में पारदर्शिता ईमानदारी और जवावदेही होने पर भी बल दिया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के दौरान राज्यभर में निर्मित सभी पुरानी सरकारी बुनियादी संरचनाओं को या तो नया रुप मिलेगा या नए के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा ये बात श्री खांडू ने कल दापोरिजों में सभी विभागाध्याक्षको और सरकारी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कही उन्होंने कहा कि यह कार्य चूनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन इस तरह की सभी इमारतों को पूरा करने के मिशन को पूरा किया जाएगा राज्य तथा केंद्र के सभी महत्वपूर्ण फ्लैकशीफ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों से बेहतर अरुणाचल के लिए सही कदम उठाने को कहा मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने अपर सुबनसिरी जिले के राजकीय डिग्री मॉडल महाविद्यालय के स्थायी क्षेत्र के ब्रुनियादी निर्माण के लिए पंद्रह करोड़ रुपए आवंटित करने का आश्वासन दिया है दापोरिजों में कल अरुणाचल राईजिंग कैम्पिग की तीसरी चरण के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने यह घोषणा की स्थानीय लोगों द्वारा सौंपे चार बिंदू वाली ज्ञापन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी संपर्क मामलों को देखने का आश्वासन दिया